संसद के केन्द्रीय कक्ष में वीर सावरकर को कई राजनीतिक हस्तियों ने प्ष्पाजंलि अर्पित की

आज स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है

श्री सावरकर वीर सावरकर के नाम लोकप्रिय थे वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वी डी सावरकार को उनकी जंयती पर श्रदवाजंलि अर्पितकी उन्होंने कहा कि वीर सावरकर मजबूत भारत के लिये साहस देश भक्ति और दृढ़ प्रतिबद्वता के प्रतीक है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेत् स्वयं को समर्पित कर देने के लिये कई लोगों को प्रेरित भी किया उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने अपने संदेश में कहा कि देश स्वतंत्रता संग्राम में दिए गये वीर सावरकर के बलिदानों को सदैव याद करेगा भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी वी डी सावरकर को श्रद्वाजंलि दी श्री राजनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर का साहस और राष्ट्र के लिए उनका योगदान आने वाली पीप्रियों को प्रेरित करता रहेगा इस अवसर पर आज सांसद के सेट्रल हाल में उनहें प्ष्पाजंलि भैंट करने के लिये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां कई राजनेताओं ने वीर सावरकर के चित्र पर श्रद्वा स्मन अर्पित किया इस मौके पर श्री एल के अडवाणी स्मित्रा महाजन विजय गोयल प्रकाश जावेड़कर स्ब्रमानियम स्वामी और अर्ज्न राम मेधवाल सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे उधर पलवल में विराट हिंदुस्तान संगम की जिला इकाई ने भी आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई इस अवसरपर वीर सावकर की प्रतिमा पर प्ष्प अर्पित किए गये

स्वास्थ्य खेल एवं य्वाक कार्यकम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हाल ही सम्पन्न हये लोकसभा च्नाव में जना ने बहत ही समझदारी के साथ वोटा करके वंशवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को धाराशायी कर दिया

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नही है

श्री विज ने कहा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक वर्ष का लक्ष्य भी तय किया है इसके बनने से मछौंडा चंद्रप्री सुंदर नगर आदि क्षेत्रों से पानी निकासी की समस्या हल होगी उन्होंने रजवाहा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सम्बधित अधिकारियों को निर्देश दिये और गृण्वता और पारदर्शिता का ध्यान रखने की ताकीद भी दी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उन्हें राज्य सरकारों और संस्थानों द्वारा प्रवेश के अंतिम तिथि आगे बढ़ाने सम्बधी अभ्यावेदन मिले है हरियाणा पुलिस ने करनाल में दो पुलिस कर्मियों को गोली मार कर घायल करने वाले तीन हमलावरों और अपराधी स्नील खीरा बारे सूचना के देने के लिये एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है प्लिस कर्मियों पर हमला उस समय हआ था जब वे सुनील खीरा को एस्कोर्ट कर रहे थे प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने प्लिस को उक्त चारों अपराधियों को जल्द से जल्द पकडऩे के निर्देश दिए हैं हरियाणा प्लिस ने आरोपियों को पकडऩे के लिए कई टीमों का गठन किया है

जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान ग्प्त रखी जाएगी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में पारा ऊपर जाने से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है

यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि एकदम पारा ऊप्र लाने से लू चल रही है और सड़कों पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा लोगों के दिन में बाहर न निकलने के कारण कारोबार भी प्रभावित हआ भिवानी के पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने आज हरियाणा के अतिवांछित अपराधी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया

सम्मानित कियेगये प्लिस कर्मियों में साईबर स्रक्षा प्रभारी एएसआई रमेश क्मार की टीम व वाहन चोरी के मामलों के प्रभारी एएसआई कृष्ण क्मार की टीम शामिल है प्लिस अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रंशसा पत्र व नकद प्रस्कार देकर सम्मानित किया गया फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अनोखी पहल करते हए नये शैक्षणिक सत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक सीट ऐसी छात्राओं के लिए रखने का निर्णय लिया है जोकि मां बाप की इकलौती संतान हो यह सीट पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या के अतिरिक्त होगी जोकि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से सूजित की गई है इस संबंध में जानकारी देते हुए क्लपति प्रो दिनेश क्मार ने बताया कि राज्य सरकार दवारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत अनेक कदम उठा रही है इसी दिशा में कार्यक्रम से ज्ड़ते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नये शैक्षणिक सत्र में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रखने का निर्णय लिया है